इन सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है तीन नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग विशेष तैयारी रहा है

शिवपुरी में कल कलेक्टर ने निर्वाचन कार्यो की समीक्षा की वहीं राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर होने वाले उपच्चनावों में तैनात प्रेक्षक ने पेड न्यूज निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया इस दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है

चुनाव प्रचार भाजपा ने कोरोना काल में हो रहे उपच्नाव के लिए डिजिटल अभियान हॉ चुनाव है शुरू किया है अभियान के तहत सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लोगों से सीधा जुड़ने के प्रयास किर्य जायेंगे

इसी के साथ इंदौर की सांवेर विधानसभा में भाजपा प्रत्याषी तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस प्रत्याषी प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है केन्द्रीय मंत्री थांवरचंद गेहलोत ने आगरमालवा में पार्टी कार्यकर्ताओं के मंडल सम्मेलन को संबोधित किया

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज जिले के बढ़ौद और देवास के हाटपिपलिया में होने वाले मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के करेरा और पोहर विधानसभा क्षेत्रों में पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक ली उधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास के हाटपिपलिया पहुँच कर कांग्रेस के सेक्टर प्रभारियो की बैठक ली कांग्रेस ने रायसेन जिले में एक किसान के कथित तौर पर आत्महत्या के मामले में भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी पर आरोप लगाये हैं पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा शासन में किसानों की स्थिति बदतर हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे

जन आंदोलन अभियान कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने उनकी जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया है विजया राजे सिंधिया सात बार लोकसभा और दो बार राज्य सभा के लिए सांसद चुनी गई थीं राजमाता के परिवार के सदस्य और अन्य विशिष्ट लोग इस वर्चुअल समारोह में शामिल होंगे वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भोपाल में आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे कमल पटेल प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि बेहतर नीति और सही नीयत से ही गांव प्रदेश और देश का विकास होगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने गांव के विकास के द्वार खोल दिए हैं श्री पटेल कल हरदा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में योजना के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से किया गया

नेशनल रायफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ओलंपिक कोर ग्रुप शूटर्स के लिए दिल्ली स्थित डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में दो चरणों में इंडिया कैंप का आयोजन किया गया है

आईपीएल मुंबई इंडियंस ने कल रात अब् धाबी में आईपीएल क्रिकेट के मैच में डेल्ही कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा दिया

इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक गंदे ग्राम को स्वच्छ बनाने पर उनकी सराहना भी की

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार